औरंगाबाद जिले के बारूण ओबरा कुटुम्बा तथा औरंगाबाद प्रखंड के कई गांव बाढ़ से घिरे

रेलवे ने नौ सितम्बर तक इस मार्ग पर पांच जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रदद किया

प्रदेश की विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा सोन कोसी गंडक घाघरा कमला बलान और महानंदा सहित अन्य नदियां पूरे उफान पर हैं गंगा नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है पटना के दीघा घाट गांधी घाट हाथीदह और भागलपुर के कहलगांव में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास दर्ज किया गया जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण दानापुर के दियारा क्षेत्रों और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि सोन और प्रनपुन नदी में उफान के कारण औरंगाबाद जिले के बारूण ओबरा कुटुम्बा और औरंगाबाद प्रखंड के कई गांव बाढ़ से घिर गये हैं इधर सीतामढ़ी जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद बागमती नदी का जलस्तर ढ़ेंग में खतरे के निशान को पार कर गया है जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते जल संसाधन विभाग और बागमती प्रोजेक्ट के सभी अभियंताओं को बांधों की चौकसी करने के निर्देश दिये गये हैं दक्षिण पश्चिम मॉनसून की सक्रियता के कारण पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है समस्तीपुर के रोसड़ा में सबसे अधिक ग्यारह सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी मोतिहारी में आठ रोहतास के इन्द्रपुरी में सात और छपरा बिहारशरीफ तथा मधेपुरा में पांच पांच सेंटीमीटर बारिश हुई है पूर्व मध्य रेलवे के बरौनी कटिहार रेलखंड पर बेगूसराय के सनहा के पास रेल ट्रैक की मरम्मत का काम कल तक पूरा कर लिया जायेगा मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रेल ट्रैक धंसने के कारण नौ सितम्बर तक पांच जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है इस मार्ग से गुजरने वाली राज्यरानी एक्सप्रेस कोसी एक्सप्रेस पटना कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस जनहित एक्सप्रेस टाटालिंक और कामख्या एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का परिचालन आज रद्द रहा उच्चतम न्यायालय के मौजूदा द्रसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश रंजन गोगई देश के नये मुख्य न्यायाधीश होंगे निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने श्री गोगई के नाम की सिफारिश की है

निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा का कार्यकाल दो अक्टूबर को समाप्त हो रहा है प्रदेश के सभी पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में शिविर का आयोजन कर किसानों के बीच कल से पन्द्रह सितम्बर तक मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जायेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि शिविरों में किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता बनाये रखने के बारे में जानकारियां भी दी जायेगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को परामर्श जारी कर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल करने से मना किया है बम्बई उच्च न्यायालय के इस वर्ष जून महीने के आदेश के आलोक में यह परामर्श जारी किया गया है न्यायालय ने मंत्रालय को इस शब्द का इस्तेमाल रोकने के लिए मीडिया को निर्देश देने को कहा था परामर्श में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की पन्द्रह मार्च की विज्ञप्ति का भी हवाला दिया गया है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति शब्द इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है प्रदेश के अलग अलग हिस्सो से पुलिस ने करोड़ों रूपये मूल्य की शराब के साथ दस तस्करों को गिरफ्तार किया है गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी गांव के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने दो ट्रकों से चार सौ नब्बे कार्टन विदेशी शराब बरामद की है साथ ही तीन ड्रम स्प्रिट भी जब्त किया गया है उत्पाद अधीक्षक प्रियरंजन ने बताया कि बरामद शराब की कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वहीं बांका जिले में बाराहाट थाना क्षेत्र के चंगेरी और दुर्गापुर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर छियासठ लीटर शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है इधर बेगूसराय जिले के नावाकोठी थाना क्षेत्र के महेशवारा गांव से पुलिस ने एक वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है शिवहर से प्राप्त जानकारी के अनुसार तरियानी थाना क्षेत्र के नरगांव के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक बस से दो सौ पैंतालीस पाउच शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहीं कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के बिछिया गांव से पुलिस ने पच्चीस बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है अररिया जिले के नगर थाना क्षेत्र के गोढ़ी चौक के पास से पुलिस ने पचहत्तर कार्टन विदेशी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में रिक्त पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग कल भर्ती संबंधी विज्ञापन जारी करेगा इन पदों के लिए तीस सितम्बर तक ऑन लाईन आवेदन जमा किये जा सकते हैं विशेष जानकारी आयोग की वेबसाइट एसएससी ऑनलाईन डॉट एनआईसी डॉट इन पर उपलब्ध है मुजफ्फरपुर जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को कंप्यूटर अंग्रेजी में संवाद और व्यावहारिक ज्ञान के प्रशिक्षण से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं

प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवतियों में आत्मविश्वास बढा है

कम अवधि के बाद प्रशिक्षुओं के लिए रोजगार तलाशने में भी मदद दी जा रही है आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के प्रारूप में किसी प्रकार की गड़बड़ी या संशोधन के लिए इकतीस अक्टूबर तक दावा और आपत्ति दाखिल किये जा सकते हैं इस दौरान मतदाता अपने नाम व्यक्तिगत जानकारी फोटो पता में संशोधन और वोटर लिस्ट से नाम हटाने और जुड़वाने के लिए अलग अलग प्रकार के फार्म के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं संशोधन और जानकारी अद्यतन करने के लिए जिला स्थित निर्वाचन शाखाओं और बीएलओ के पास फार्म छह छह ए सात आठ आठ ए के माध्यम से आवेदन दिये जा सकते हैं राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने कहा है कि अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन अगले वर्ष चार जनवरी को किया जायेगा इससे पहले आयोग ने इस महीने की एक तारीख को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य के सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध करा दिये गये हैं राज्य में मतदाताओं की संख्या छह करोड़ संतानवे लाख से अधिक है बक्सर जिला नजारत कार्यालय में पदस्थापित सहायक नाजिर पंकज सिंह को मुख्यमंत्री सेतु योजना में गबन करने के आरोप में निगरानी अदालत ने दस साल कारावास और पौने तीन लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है आरोपी पर दो करोड़ रूपये की राशि अवैध तरीके से निकालने का आरोप था शेखपुरा के जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह ने अरियरी प्रखंड के हुसैनाबाद पंचायत के तत्कालीन पंचायत सेवक रामनरेश पासवान को मनरेगा योजना में गड़बड़ी का दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है भागलपुर जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र के अनुमंडल कार्यालय के पास पेड़ गिरने से आयुक्त कार्यालय के नाजिर की मौत हो गयी तथा तीन अन्य घायल हो गये बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ बिस्कोमान की तीसरी वार्षिक आमसभा कल पटना में आयोजित की जायेगी सीवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के कोरर गांव के पास सड़क दुर्घटना में तीन प्रलिसकर्मी घायल हो गये और अब अंत में मुख्य समाचार गंगा घाघरा सोन और पुनपुन नदी उफान पर

रेलवे ने नौ सितम्बर तक इस मार्ग पर पांच जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द किया